मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें पीएम कोविड समीक्षा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के संगठित प्रयासों से देश में कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में है उन्होंने कहा कि आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों में भारत अधिकतर देशों से बहत संभली हई स्थिति में है प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में बैठक की इस अवसर पर आठ राज्यों मैं जहां कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसको नियंत्रित करने के लिए किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी प्रधानमंत्री ने कहा कि सीभी के प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट तक का एक बहत बड़ा नेटवर्क आज कार्य कर रहा है इसका लगातार विस्तार भी किया जा रहा है उन्होंने कहा कि देश में कोरोना पर नियंत्रण हुआ है लेकिन अभी पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है उन्होंने कहा कि हम आपदा के समंदर से किनारे तक आ गये हैं लेकिन अब कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए उन्होंने आरटी पीसीआर टेस्ट पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड वैक्सीन की दिशा में विशेषज्ञों दवारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं वैक्सीन कब तक उपलब्ध होती है और शुरूआती चरण में कितनी उपलब्ध होती है इसके लिए लगातार प्रयास जारी है उन्होंने कहा कि वैक्सिनेसन के लिए राज्यों दवारा कोल्ड चेन स्टोरेज और विभिन्न मापदण्डों के आधार पर व्यवस्थाएं कर ली जाय

जिसमें भारी संख्या में अधिकारी कर्मचारी प्लिस बल और हेल्थ वर्कर काम करेंगे इसलिए राज्य को वैक्सीन की उपलब्धता के लिए हरिदवार कृंभ को भी ध्यान में रखना जरूरी है मुख्यमंत्री ने बताया कि वैक्सिनेशन के लिए राज्य स्तर पर स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसकी लगातार बैठकें भी हो रही हैं बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन वित मंत्री निर्मला सीतारमण समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए सीएम नैनीताल म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल जिले के सातताल और सूखाताल के प्नर्जीवीकरण के साथ ही इन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने के निर्देश दिये हैं सचिवालय में जिलास्तरीय प्राधिकरण नैनीताल के माध्यम से नैनीताल सातताल सूखाताल हल्द्वानी तहसील भवन और रामनगर में विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रस्त्तीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने नैनीताल के आस पास के क्षेत्रों का पर्यटन की दृष्टि विकसित करने पर जोर दिया उन्होंने नैनीताल सहित आस पास के क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था में भी सुधार पर ध्यान देने के निर्देश दिये म्ख्यमंत्री ने हल्दवानी तहसील को शहर से बाहर उपय्क्त स्थल पर शिफ्ट करने को कहा और भवन को मिनी सचिवालय के रूप में पर्याप्त पार्किंग सुविधा के साथ बनाने के निर्देश दिये उन्होंने राजस्व सचिव को नैनीताल रोपवे निर्माण के लिए एचएमटी परिसर में भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने भरसार विश्वविद्यालय में सालों से अध्रे पड़े निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताई उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने उत्तराखंड औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार में संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों और विश्वविद्यालय के भरसार परिसर में रिक्त पदों की समीक्षा की उन्होंने कृषि शिक्षा सचिव हरबंस च्घ को विश्वविद्यालय से संबंधित निर्माण कार्यों और अन्य योजनाओं की अपने स्तर से भी समीक्षा कर कार्रवाई करने के निर्देश दिये उन्होंने विश्वविदयालय में शैक्षणिक और शिक्षणेतर कार्मिकों के वर्षो से रिक्त पदों में से अधिष्ठाता क्लसचिव सहायक क्लसचिव प्रशासनिक अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी महाकुम्भ मेले में व्यवस्थाओं की जानकारी ली उन्होंने अधिकारियों को कहा कि ऐसी व्यवस्था बनायी जाय कि लोग कोविड टेस्ट के बाद ही क्म्भ स्नान के लिये आये मुख्यमंत्री ने कहा कि महाक्म्भ मेले में आने वाले श्रद्धाल्ओं की संख्या के नियंत्रण की भी कार्ययोजना बनायी जानी चाहिए इसके लिए राज्यों से भी विचार विमर्श किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने हरिदवार में बनने वाले एक हजार बेड वाले कोविड हास्पिटल के निर्माण मे तेजी लाये जाने के साथ ही हरिदवार के मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में भी इससे संबंधित इलाज की प्रभावी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों औऱ आश्रमों में ठहरने वालों के लिए भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया

नये घाट हरिद्वार महाकृभ में आने वाले श्रद्धाल़ओं की सुविधा के लिए करीब आधा दर्जन नए घाट बनाये जाएंगे इससे श्रद्धाल् अनेक स्थानों पर गंगा स्नान कर सकेंगे इससे हर की पैड़ी सहित अन्य घाटों पर भीड़ नहीं होगी और यात्रियों को भी स्नान करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा हरिदवार में घाटों का काम पिछले साल अध्रा रह गया था जो इस बार गंगा बंदी के दौरान लगभग प्रा हो च्का है इससे गंगा तटों की सुंदरता और बढ़ गई है इसके साथ ही तीर्थनगरी को स्वच्छ और संदर बनाने का काम भी जोर शोर से किया जा रहा है

इस पर्व को मनाने के लिए लोग अपने गांव लौटे हैं

इस बार बूढ़ी दिवाली और इगास बग्वाल कल मनाया जाएगा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने और प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को ईगास बग्वाल पर्व की बधाई और श्भकामनाएं दी है अपने संदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति और पर्व त्योहार को मनाने का तरीका अपने आप में अनूठा है इगास पर्व के दिन वर्षो से चली आ रही परंपराओं को निभाया जाता है देवभूमि में इस दौरान भैलो खेलने का रिवाज है जो ख्शियों को एक दूसरे के साथ बांटने का माध्यम है

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ गॉव पर अपने विचार साझा करने को कहा है

एसएसपी अल्मोडा अल्मोड़ा के वरिष्ठ प्लिस अधीक्षक ने लोगों से केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करने की अपील की है सर्दी के मौसम औऱ शादी ब्याह के सीजन को देखते हुए उन्होंने जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का मंत्र याद दिलाया

सतर्कता और सावधानी बहूत जरूरी है इसके लिए जन आन्दोलन अभियान चलाकर हर स्तर पर लगातार सभी को जागरूक किया जा रहा है उन्होंने कहा कि आजकल शादियों का सीजन है

आज भी राजधानी देहरादून समेत अन्य जगहों पर दिनभर बादल छाये रहे मौसम विभाग के अन्सार उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात हो सकता है